मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों की चिकित्सा जांच के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढाने का आदेश जारी कर दिया है गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है आदेशों के अनुसार ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक को सुचारू रखने की अनुमति दी गई है इस दौरान स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संथान बंद रहेंगे सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और अन्य समारोह भी नहीं हो सकेंगे वहीं होटल रेस्तरां जैसी सेवाएं भी बंद रहेंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएम मुख्यमंत्री जय राम ठाक्र ने कहा है कि बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले लोगों की चिकित्सा जांच के लिए एक्टिव केस फाईंडिंग अभियान की तर्ज पर एक विशेष अभियान चलाया जाएगा वे आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों प्लिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि क्वारंटीन पर रखे गए लोग घर से बाहर न निकलें जयराम ठाक्र ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में आए लोगों की सूचना एकत्रित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जयराम ठाक्र ने कहा कि हिमाचल अभी तक सुरक्षित है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश की स्थिति सामान्य बनी रहे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयुर्वेद विभाग द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए क्वाथ काढ़े का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा प्रतिरक्षण तंत्र को मजबूत करने में सहायक होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काढ़े को डॉक्टर पैरा मैडिकल स्टॉफ पुलिस व अन्य कोरोना योद्धाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों और प्रदेश में कोरोना मुक्त हुए सभी लोगों को निश्ल्क प्रदान किया जाएगा जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन और मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर व पुलिस कर्मियों सहित अन्य कोरोना योद्वाओं को ये काढ़ा वितरित किया राज्यपाल इस बीच आयुर्वेद सचिव जीके श्रीवास्तव ने विभाग द्वारा तैयार काढ़ा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को भी भेंट किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्वति है और ये कोरोना महामारी से लड़ने में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है बंडारू दत्तात्रेय ने आयुर्वेद आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद की अपार संभावनाएं हैं श्रम दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को मजद्रों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर हमेशा समाज की मजबूती के लिए काम करता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को हर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर श्रमिकों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के विकास में मजदूरों का अहम योगदान है राठौर ने श्रमिकों के सुखमय जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना भी की सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रोहड् क्षेत्र में चिड़गांव के विभिन्न इलाकों में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को गति देने और सड़कों के सुधारीकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने आज क्षेत्र के शिष्टबाड़ी गांव में अग्निकांड प्रभावितों का क्शलक्षेम पूछने के बाद ये निर्देश दिए भारद्वाज ने कहा कि चिड़गांव में फायर स्टेशन या फायर प्वांइट स्थापित करने के लिए जल्द ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे शिक्षा मंत्री ने खंड विकास अधिकारी को विभिन्न आवास योजनाओं के तहत प्रभावित परिवारों को मकान बनाने को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए जयराम राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान लोगों के आवागमन में कमी लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित बनाई जा रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश में खाद्य सामग्री दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और सभी वस्तुओं की निर्बाध व निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में अप्रैल मई तथा जून माह की राशि अग्रिम उपलब्ध करवाई गई है

ऐसे ही एक टैक्सी चालक रामकुमार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाई है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदमों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं गरीब कल्याण पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राहत पैकेज गरीबों की निरंतर सहायता कर रहा है लॉकडाऊन के दौरान और उसके बाद गरीबों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक करोड़ सात लाख रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी योजना के अंतर्गत महिलाओं गरीबों वृद्धजनों और किसानों को निःशुल्क अनाज व नगद भुगतान किया जा रहा है सोलन जिले के किसान पवन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उनके खाते में दो हजार रुपए की राशि आई है वहीं जीत राम भारद्वाज योजना के अंतर्गत प्राप्त निःशुल्क राशन मिलने से बेहद खुश हैं इस कठिन समय में प्राप्त सहायता के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है